मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

सुबह ठंड के कारण मतदान धीमा रहा लेकिन दिन चढने के साथ साथ मतदान केंद्रो पर लंबी कतारे देखी गयीं

संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संबोधन होगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश करेंगी पहली फरवरी को केन्द्रीय बजट प्रस्तुत किया जाएगा देश के इतिहास में पहली बार पेपरलेस यानी कागज रहित बजट पेश किया जाएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने यूनियन बजट मोबाइल एप जारी किया है ताकि ससंद के सदस्यों और आम लोगों को बजट दस्तावेज डिजिटल रूप में आसानी से सुलम हो सकें पहली फरवरी को वित्त मंत्री का बजट भाषण पुरा होने के बाद बजट दस्तावेज मोबाइल एप पर उपलब्ध होंगे

उन्होंने कहा कि कैडेटों ने बाढ से लेकर सभी प्रकार की प्राकतिक आपदाओं के दौरान लोगों की मदद की है

श्री मोदी ने उत्क ष्ट एनसीसी कैडेटों को पुरस्कार प्रदान किए

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक एक करोड तीन लाख से अधिक कोरोना संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं

आकाशवाणी के श्रोताओं तक कोरोना वैक्सीन से जुडी जानकारी पहंचाने के उददेश्य से बुलेटिन में विशेष श्रृंखला प्रसारित की जा रही है इसी के तहत एक और महत्वपूर्ण जानकारी देते हुये नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की विशेषज्ञ डॉ रूपाली मलिक ने बताया कि कोविड़ टीकाकरण के समय लाभार्थी को अपना वही फोटो आईडी दिखाना होगा जो उसने पंजीकरण के वक्त उपयोग में लिया है

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्कूल प्रमुखों के साथ चर्चा की

श्री मिश्र आज राजभवन में शिक्षक शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा विषय पर आयोजित पश्चिम क्षेत्रीय कलपति सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि विद्यार्थी केन्द्रित नई शिक्षा नीति में विज्ञान मानविकी कला जैसे विषयों के साथ भारतीय विचारधारा से जुडे अध्ययन का विकल्प प्रदान किया गया है राज्यपाल ने कहा कि यह पहली बार है जब किसी शिक्षा नीति में राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान की स्थापना के माध्यम से शोध संस्कृति विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया है

राज्य के पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने आज इसकी जानकारी दी श्री लाठर ने बताया कि सात दिन पहले दो टीमें महाराष्ट्र मेजी गयी थी

इसके साथियों ने थाने पर हमला कर इसे छ्डा लिया था जिसके बाद से पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी

इस कार्यक्रम के लिये श्रोता अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और अन्य मंत्रियों ने भी लाला लाजपत राय को श्रद्धा सुमन अर्पित किए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी महान स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्वाजंलि दी

साथ ही यीर चक प्राप्त शहीद छगन सिंह की वीरांगना का भी सम्मान किया गया इस अवसर पर एनसीसी कैडेट्स ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया कार्यक्रम में बडी संख्या में पूर्व सैनिकों और उनके परिवाजनों ने हिस्सा लिया

मौसम विभाग के अनुसार माउंट आबू में आज भी न्यूनतम तापमान माइनस तीन डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया

मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तरी हवाओं के प्रभाव के कारण अगले तीन चार दिन तक शीतलहर का दौर बना रहेगा आज भी पूर्वी और पश्चिमी जिलों में शीतलहर चलने की संभावना है